श्री चौहान ने भोपाल में बताया कि इस संबंध में सरकार ने फैसला ले लिया है और आवश्यक कानून बनाने की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गयी हैं श्री चौहान ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि मध्यप्रदेश के संसाधनों पर अब इस राज्य के निवासियों का हक होना चाहिए

श्री चौहान ने आज वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा मंत्रियों मुख्य सचिव विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव से चर्चा करते हुए कहा कि समृद्ध मध्यप्रदेश के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं

पंडित जसराज निधन शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का पार्थिव शरीर विशेष विमान से अमेरिका से मुंबई लाया जाएगा विमान आज दोपहर को अमेरिका के न्यूजर्सी से रवाना होगा जो बुधवार दोपहर तक मुंबई पहुंचेगा अंतिम संस्कार बुधवार शाम या गुरुवार को होने की संभावना है पंडित जसराज की पत्नी मधुरा पंडित जसराज बेटे सारंगदेव बेटी दुर्गा जसराज सहित पूरा परिवार मुंबई में है

जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर है